मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया नई नीति में ईको पर्यटन जैविक कृषि पर्यटन साहसिक व धार्मिक पर्यटन सहित फिल्म पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश उपदान को भी स्वीकृति दी है

इसके अलावा नॉन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट की पुनः खरीद के लिए प्रस्तावित नीति पर भी मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने पर भी मोहर लगाई

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अब दूरभाष के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायतों के निवारण की जानकारी ऑनलाईन भी देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हैल्पलाईन नम्बर का प्रचार प्रदेशभर में किया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सके उन्होंने बताया कि ये हैल्पलाईन सरकार के जनमंच के प्रयासों को और अधिक प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हैल्पलाईन की श्रेष्ठ तकनीक को अपनाया गया है जिससे ये सेवा देशभर में सर्वश्रेष्ठ बन सके

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार उद्योग मंत्री विकम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा शुरू करने पर राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन से स्पष्ट है कि सरकार धरातल पर काम कर प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करना चाहती है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न सामाजिक संगठनों अभिभावकों और अध्यापकों से युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने का आहवान किया है

शिक्षा मंत्री ने नशे जैसी गंभीर समस्या पर रोक लगाने के लिए एकजुटता से कार्य करने की जुरूरत भी बताई सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के विरूद्व व्यापक अभियान चला रही है जिसे सभी के सहयोग से सफल बनाया जाएगा उन्होंने नशे पर अंकृश लगाने के लिए सोलन के पुलिस अधीक्षक मधु सूदन शर्मा ए एसपी शिव कुमार शर्मा और एसएचओ धर्म सेन नेगी को हिमाचल रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया धुमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल की अध्यक्षता में नागरिक चिकित्सालय टौणीदेवी में मरीजों व उनके तीमारदारों को फल वितरित किए गए सुजानपुर मंडल की और से आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह और महामंत्री पवन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे प्रकाश जावडेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में बहुत से समाचार चैनल हैं लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए द्रदर्शन को देखते हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है

इस अवसर पर प्रकाश जावड़ेकर ने विशेष डाक टिकट और विशेष पत्रिका भी जारी की

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन ने समय के साथ अपने को बदला है और यह अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए नवीनतम तकनीक को अपना रहा है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश के मंत्रियों पर लगे आरोपों की हाईकोर्ट के जज से जांच कराई जाए ताकि प्रदेश की आम जनता के समक्ष वस्तु स्थिति सामने आ सके उन्होंने कहा कि कांग्रेस दो अक्तूबर को राजीव भवन से राजभवन तक पद यात्रा करेगी और राज्यपाल को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपेगी इस दौरान प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रहेंगी उन्होंने कहा कि भाजपा की जयराम सरकार के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं मोदी सरकार के सौ दिन के शासनकाल में देश सौ दिन पीछे चला गया है

ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार की राईजिंग हिमाचल वैब साईट में कांगड़ा जिला की पपरोला मंडी की जोगिंद्रनगर और सिरमौर की माजरा स्थित आयुर्वेद फार्मेसियों को सार्वजनिक निजी भागीदारी की तर्ज पर निजी निवेशकों को बेचने के लिए आमंत्रित किया गया है अग्निहोत्री ने कहा कि अगर सरकार इस तरह की कोशिशों को जारी रखेगी तो कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी

सोमेश गोयल ने बताया कि शिमला बुक कैफे और हर हाथ को काम जैसी परियोजनाओं को शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश कैदियों के पुर्नवास व सुधार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल बन चुका है वार्तालाप भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सूचना प्रवाह के लिए आज किन्नौर ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर एस डीएम मेजर अविनेन्द्र शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को अपनी अपनी योजनाओं की सही जानकारी मीडिया तक पहुंचानी चाहिए वहीं पत्र सूचना कार्यालय शिमला के उप निदेशक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस कार्यकम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके